और प्रदेश के विभिन्न भागों में गरज के साथ हुई बारिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जनआंदोलन शुरु करने का आह्वान किया है उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के तरीकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं

फिल्म जगत हो खेल जगत हो मीडिया के हमारे साथी हों सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों कथा कीर्तन करने वाले लोग हों हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करें प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हैश टैग जन शक्ति फॉर जल शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर गांवों में जल संकट के समाधान पर ग्रामीणों के साथ चर्चा करने को कहा है बाईट प्रधानमंत्री मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए पानी का संचय करने के लिए वर्षा के ब्रंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गाँव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की बाईस तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता ने योग की महिमा और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण देकर बताया कि जापान इटली और कई अन्य देशों में योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

जापान योग निकेतन वहां के कई इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग कोर्सेज चलाता है या फिर इटली की मिस एंटोनिटा रोजी उन्हीं का नाम ले लीजिए जिन्होंने सर्व योग इंटरनेशनल की शुरूआत की और पूरे यूरोप में योग का प्रचार प्रसार किया

लोकतंत्र के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए संविधान आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चूनावों में इकसठ करोड़ लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया यह संख्या अमरीका और यूरोप की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है प्रधानमंत्री ने चूनाव प्रक्रिया में शामिल अत्यधिक संसाधनों और श्रम शक्ति का भी उल्लेख किया बाईट प्रधानमंत्री लोकतंत्र के इस महायज्ञ को समफलतापूर्वक सपन्न कराने के लिए जहां अर्द्धसैनिक बलों के करीब तीन लाख सुरक्षाकर्मियों ने अपना दायित्व निभाया वहीं अलग अलग राज्यों के बीस लाख पुलिसकर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया स्वागत समारोहों में लोगों से फूलों के गुलदस्ते के बजाय पुस्तकें देने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध हिन्दी लेखक प्रेमचन्द की कहानियों का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि इन कहानियों के संदेश सभी के लिए प्रासंगिक हैं प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम फिर शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार जैसे वातावरण में यह सीधा सादा कार्यक्रम जीवन और समाज में बदलाव का जरिया है मन की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा बाईट जेपीनड्डा जो खूबसूरती से मन की बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग चालीस घंटे बोला है फोट्टी अवर्स और मन की बात फिफ्टी फोर्थ एपीसोड को जोड़ लें तो साढ़े चालीस घंटे होते हैं एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने कोई राजनीतिक बातचीत नहीं की है यह हमको समझना चाहिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व पर जोर देने को एक दूरगामी पहल करार दिया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार भी जल संचयन पर काफी जोर दे रही है उन्होंने कहा कि जल संचयन से घटते भू गर्भ जल को बचाने के साथ सिंचाई और पेयजल की बढ़ती चुनौतियों का सामना किया जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में बन रहे नये रोपवे को जल्द से जल्द पूरा करने का संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने अपने तीन दिवसीय नालंदा दौरे पर आज राजगीर में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए विश्व शांति स्तूप के पचासवीं वर्षगांठ की तैयारियों का जायजा भी लिया वहीं पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने नवादा जिले के गोविन्दप्री पहाड़ी स्थित ककोलत जलप्रपात और हरदिया डैम का निरीक्षण करने के बाद कहा कि जल्द ही इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा महाराष्ट्र के पूणे में कल दीवार गिरने की घटना में मारे गये कटिहार के बारह मजदूरों सहित पंद्रह लोगों के शवों को आज एयर एम्बूलेंस से बागडोरा लाया गया जहाँ शवों को उनके निकटतम परिजनों को सौंप दिया गया आज मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा कटिहार के सांसद दूलाल चंद गोस्वामी और विधायक महबूब आलम ने मृतक मजदूरों के परिजनों को सांत्वना दी है पदाधिकारी ने बताया कि मृतक के निकटतम परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेज दी गयी है कल से बैंकिंग सिस्टम में तीन बदलाव लागू होने जा रहे हैं आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिये एक जुलाई से धन हस्तांतरण करना सस्ता हो जायेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के हस्तांतरण पर कोई भी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है वहीं स्टेट बैंक से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को रेपो रेट कम होने का लाभ मिल सकता है इसके अलावा बैंकों में बेसिक अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को भी चेकबुक के साथ अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में अठारह सेंटीमीटर त्रिवेणी में आठ सेंटीमीटर बगहा में छह सेंटीमीटर और मुजफ्फरपुर में तीन सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी इधर बारिश के दौरान बिजली गिरने से नवादा शिवहर और लखीसराय जिले में तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं बारह अन्य झुलस गये भारी बारिश से वैशाली जिले में कई मिट्टी के घर भी नष्ट हो गये हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि पटना गया भागलपुर और पूर्णियां सहित अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे इस दौरान वज्रपात के साथ बारिश होने की भी संभावना है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालय सबौर को कतरनी चावल के विकास के लिए तीन करोड चौहत्तर लाख रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे नालंदा जिले के पनहेसा शरीफ गांव में तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से डूबकर दो बच्चों की मौत हो गयी पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया श्रीनगर मुख्य पथ पर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए चार लूटेरों को दो देशी पिस्तौल जिंदा कारतूस और चोरी की चार बाईक के साथ गिरफ्तार किया है

और प्रदेश के विभिन्न भागों में गरज के साथ हुई बारिश